राज्य में नया शिक्षण सत्र आज से शुरू अभी मनोरंजन के साथ शिक्षण पर दिया जायेगा जोर

इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा अधिसूचना प्रदेश की छह संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी प्रदेश के पहले और देश के चौथे चरण में होने वाले चुनाव में राज्य की छह लोकसभा सीटों सीधी शहडोल जबलप्र बालाघाट मंडला और छिन्दवाड़ा में मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होगी इसके साथ ही छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के लिये कल ही अधिसूचना जारी होगी

उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में तैयारियां पूरी हो गई हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किये गये हैं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विपक्षी दलों के वकील एएम सिंघवी को निर्देश दिया कि वे अगले सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करें निर्वाचन आयोग ने पिछले शुक्रवार को न्यायालय से विपक्षी दलों की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था आयोग ने अपने हलफनामें में कहा है कि विपक्षी नेता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र की पर्चियों के गिनने की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के बारे में कोई मजबूत तर्क नहीं दे सके बैंक विलय बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है आज देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ इस विलय के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की जमा राशि आठ दशमलव सात पांच लाख करोड़ रूपये और कर्ज की राशि छह दशमलव दो पांच लाख करोड़ रूपये हो गई

सभी राजनीतिक दलों के नेता देशभर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्रन के वर्धा में रैली कर भाजपा शिवसेना गठबंधन के चुनाव प्रचार की शुरूआत की उन्होंने अपने संबोधन की शुरूआत एमिसैट प्रक्षेपण की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए की वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के जहीराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई विचारधारा की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट भारत के लिए खड़ी है श्री गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करेगी तबादले प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं

जानकारी के अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग ने एकलव्य पुरस्कार विक्रम पुरस्कार विश्वामित्र पुरस्कार लाइफ टाईम एचीव्हमेंट और स्व प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदकों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है

नया शैक्षणिक सत्र जॉयफुल लर्निंग की थीम पर विभिन्न गतिविधियों द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम आनंदमयी और भयमुक्त वातावरण में बच्चों एवं पालकों को आमंत्रित कर हुआ पहले दिन गतिविधि आधारित अध्ययन अध्यापन एवं अपरान्ह सत्र में अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराया गया जिला परियोजना समन्वयक प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चे रोज स्कूल आयें एवं पढ़ने में उनकी रूचि बनी रहे इसलिये रोज खेलकूद की गतिविधि अनिवार्य की जायेगी पहले दिन बच्चों के आकर्षण हेतु विशेष बालसभा का आयोजन किया गया वहीं हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले के विद्यालयों में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया विद्यालय में नये प्रवेश लेने वाले बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया

मंडल द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र एमपीआनलाईन के कियोस्क या पोर्टल के माध्यम से दिनांक पांच से तीस अप्रैल तक भरे जाएंगे

टीम स्पर्धा में एश्वर्य प्रताप सिंह के अलावा गुजरात के केवल प्रजापति तथा यशवर्धन शामिल थे एश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा अर्जित इस उपलब्धि के लिए उन्हें संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन ने बधाई दी है और उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की है

प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये निर्वाचन आयोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है सतना जिले में कल दिव्यांगजनों के लिये सुगम मतदान हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा वहीं अनूपपुर जिले में स्व सहायता समूह गांव गांव जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझा रहे हैं समूह के सदस्य लोगों को मतदान के लिये प्रेरित कर रहे हैं जिला योजना प्रबंधक ने बताया है कि जिले के चारों विकासखण्डों में स्व सहायता समूहों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है

निर्वाचन आयोग मनरेगा निर्वाचन आयोग ने पहली अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त् वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी यह वृद्धि मौजूदा मजदूरी से पांच प्रतिशत तक अधिक हो सकती है

ग्ना में आज पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई